हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्ष ने सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए कई विघेयकों का जोरदार विरोध किया बाइट एम एस यादव जैसे ही आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई समूचा विपक्ष सरकार के विरुद्ध कानून व्यवस्था कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर किसानों के मुद्दे तथा बेरोजगारी को लेकर नारे लगाने लगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने सरकार पर सदन में बहुमत की राक्ति का दुरुपयोग कर जनविरोधी कानून बनाने का आरोप लगाया

विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से सबसे अच्छे तरीके से निपट रही है उन्होंने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ विधानसभा अउर विधान परिषद दोनों सदन आज की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी भारत ने एक ही दिन में दस लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में दस लाख तेईस हजार से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई इक्कीस अगस्त तक तीन करोड चौवालिस लाख इक्यानबे हजार तिहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है कोविड से स्वस्थ होने की दर चौहत्तर दशमलव छह नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरसठ हजार छः सौ इकतीस कोविड मरीज स्वस्थ हुए अब तक कूल बाईस लाख बाईस हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं कोरोना से मृत्यु दर घटकर एक दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच के जरिये संक्रमित व्यक्ति की शीघ्र पहचान घर में पृथकवास के जरिए त्वरित और कारगर उपचार तथा उत्कृष्ट विकित्सा देखभाल की बदौलत पिछले इक्कीस दिनों में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगभग शत प्रतिशत वृद्धि हुई है देश में अब छह लाख सत्तानबे हजार से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटे में नौ सौ पैंतालिस लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना से मृतकों की संख्या पचपन हजार सात सौ चौरानबे हो गई है एक दिन में उनहत्तर हजार आठ सौ चौहत्तर लोगों में संक्रमण के बाद कोरोना मरीजों की क्ल संख्या उत्तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ एक हो गई है

नई दिल्ली में जौहरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली की शुरूआत करते हुए कल उन्होंने यह जानकारी दी श्री पासवान ने कहा कि अब जौहरी इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और श्ल्क जमा कर सकेंगे उन्होंने कहा कि अपेक्षित शुल्क के साथ जौहरी का आवेदन जमा होते ही उसका पंजीकरण हो जाएगा श्री पासवान ने कहा कि सोने के आमूषणों और अन्य सामानों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के साथ पंजीकरण के लिए जौहरियों की संख्या इकतिस हजार से बढ़कर पांच लाख हो जाने की उम्मीद है गणेश चत्र्थी का पावन पर्व समूचे देश में श्रद्वा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है यह दिन बुद्धि और ऋद्वि सिद्दि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है लोग अपने घरों में चूनामिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करते हैं और दस दिन का गणेश उत्सव सम्पन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेकँया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को शुभकामनाएं दी है श्री कोविंद ने कहा कि भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार लोगों के उत्साह खुशी और आपसी भाइचारे का प्रतीक है